वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को बताया केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा चारों संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी की जीत के लिए करेंगे काम देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान को बताया ज़रूरी सभी नागरिकों से वोट डालने का किया आहवान

मुख्य समारोह शिमला के अम्बेदकर चौक पर हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डॉक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर भारतीय संस्कृति व समाज के एक ऐसे महापुरूष थे जिन्होंने मानव समाज से असमानता को मिटाकर एकता का सूत्रपात किया राज्यपाल ने कहा कि देश में सामाजिक विषमता को दूर करने का श्रेय डॉक्टर अम्बेदकर को ही जाता है नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट सहित प्रशासनिक अधिकारियों व स्कूली बच्चों ने भी डॉक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए सूचना व जन संपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया

भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं इन दोनों पार्टियों के बड़े नेता भी चुनावी रैलियों के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं जयराम भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की सूची बहुत लम्बी है और इसी के दम पर भाजपा एकबार फिर सत्ता में लौटेगी कांग्रेस हमीरपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों की आम सभा आज हमीरपुर में हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने भाग लिया बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई वीरभद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी इस बार चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी

अनुराग ठाकुर इस बीच हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज नादौन में अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और कानूनों में बदलाव किया गया है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर को श्रद्वांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया अनुराग ठाकुर ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया नरेश चौहान कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने भाजपा पर अनिल शर्मा को लेकर दोहरे मापदण्ड अपनाने का आरोप लगाया है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने पूछा कि भाजपा में रहते पंडित सुखराम का परिवार सही था और अब कांग्रेस में आने पर गलत कैसे हो गया है नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं को मर्यादा में रहकर बयानबाज़ी करने की सलाह दी सुरेश कश्यप शिमला संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने आज शिमला में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने कहा कि सिरमौर ज़िले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने के मुददे को वे प्रमुखता से संसद में उठाएंगे

इस अवसर पर भाजपा नेता व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने डॉक्टर अम्बेदकर के सपने को साकार किया है

कल्पा में हमारे किन्नौर प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने देश के सभी नागरिकों से लोकसभा चुनाव में वोट डालने का आग्रह किया है

तब से लेकर आज तक वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं श्याम सरन नेगी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करना सरल और सुरक्षित है

धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में किशन कप्र ने पंडित सुखराम के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर को उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया है उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को पंडित सुखराम ने नहीं बल्कि प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है पवन काजल इस बीच कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने आज कांगड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की

पवन काजल ने दावा किया कि देश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और हिमाचल में भी पार्टी चारों सीटें जीतेगी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई बड़े केन्द्रीय नेता प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे सत्ती ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया इस बीच पार्टी प्रवक्ता शशि दत्त ने आरोप लगाया है कि केन्द्र में कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई है हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है धुमल वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार ध्रमल और राजीव सैजल ने आज हमीरपुर जिले के जंगलबैरी में डॉक्टर अम्बेदकर जयंती समारोह में भाग लिया धूमल ने दावा किया कि भाजपा ने हमेशा ही आरक्षित वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है और केन्द्र सरकार ने भी सबका साथ सबका विकास विचारधारा पर ही काम किया है राजीव सैजल ने कहा कि डॉक्टर अम्बेदकर ने पिछड़े वर्गों को संविधान में समानता का अधिकार दिया है कुल्लू कांग्रेस कांग्रेस महासचिव व विधायक सुंदर ठाकुर ने दावा किया है कि मण्डी संसदीय क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है और कांग्रेस पार्टी इस सीट पर विजय हासिल करेगी कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम ने केन्द्रीय मंत्री रहते प्रदेश में संचार क्रांति लाई और अब उनके पोते आश्रय शर्मा को लोगों का समर्थन मिल रहा है